अगले महीनें के अंत तक प्रतिदिन एक लाख परीक्षण होने की संभावना है

हरियाणा के सभी जिलों में गेहं की खरीद शुरू हो गई है

आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद ने कहा है कि परीक्षण की बढ़ रही मांग के मददेनज़र परीक्षण सामग्री की आपूर्ति बढ़ाई जायेगी

परिषद ने बताया कि राष्ट्रीय मलेरिया अन्संधान और राष्ट्रीय विषाण् विज्ञान संस्थान पूणे केन्द्रीय भंडारगृह के रूप में काम करेंगे

गृहमंत्रालय की प्रवक्ता प्ण्या सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि ग़हमंत्रालय तालाबंदी के नियमों को लागू किये जाने पर लगातार नज़र रख रहा है और जहां पर तालाबंदी के निमयों का उल्लंघन हो रहा है वहां राज्य सरकार के साथ बातचीत करके आवश्यक कदम उठाये जा रहे है गृहमंत्रालय ने कहा कि राज्यों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी किये गये प्रबधन निदेशों पर राज्यों दवारा सख्ती से पालन करना जरूरी है

कई टवीट कर श्री नायडू ने कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को वो जरूरी कामकाज़ करने के लिए कहा गया है जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि तालांबदी के नियमों के अनुसार ही कर्मचारी बुलाये गये है श्री नायडू ने कहा कि संसद भवन में प्रवेश द्वारों पर सभी वाहनों को सैनेटाइज़ करने और इस वायरस से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिये है इसके अलावा कर्मचारियों और अन्य लोगों के शारीरिक ताप की जांच शुरू की गई है उन्होंने सम्बधित अधिकारियों के कार्य स्थलों पर ऐसे स्रक्षा उपाय स्निश्चित करने की अपील भी की

श्री मोदी ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार सांझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें मन की बता कार्यक्रम में स्मबोधित किया जाना चाहिए

ग्रूग्राम में पलिस के साईबार सेल ने आज एक पांच सितारा होटल में कॉल सेंटर चलाये जाने के आरोप में कंपनी के मालिक संचालन प्रबंधक और पांच सितारा होटल के महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में ज़मानत पर छोड़ दिया गया

हरियाणा के सभी जिलों में आज गेहं की खरीद शुरू हो गई है सरकार दवारा गेहं की खरीद इलैक्ट्रोनिक माध्यम से की जा रही है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री व राज्य के उच्च अधिकारी लगातार खरीद स्थिति पर नज़र रखे हये है प्रवक्ता ने बताया िक मुख्यमंत्री कहा कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जायेगी

अम्बाला से हमारे सवाददाता ने बताया कि विधायक असीम गोयल ने ननयौला अनाज मंडी में गेहं की खरीद का कार्य शुरू करवाया और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंडी में बनाई गई सैनेटाइजेंशन स्रंग का भी उदघाटन् किया किसान इसके माध्यम से ही मंडी में प्रवेश कर रहे है इस मंडी में किसानों ने विधायक से आग्रह कि अगर सरकार एक ही जगह दो या तीन एजेसियों की खरद की जिम्मेदारी सौंप दे तो किसानों को फसल की बिक्री में आसानी रहेगी फतेहाबाद में आज व्यापार मंडल ने सरकार के ई टेडरिंग के निर्णय के विरोध मे हड़ताल पर जाने की घोषणा की और कहा कि जब तक ई टेडरिंग का निर्णय वापस नहीं लिया जाता व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे मार्किट कमेटी के सचिव संजीच सचदेवा ने कहा कि सूरत में गेहं की खरीद सरकारी एजेसियों दवारा की जायेगी उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मंडियों में खरीद के पर्याप्त इंतजाम करने मे असफल रही है और किसान आढ़ती के गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है केन्द्र सरकार द्वारा नकदी के संकटका सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योनजा के तहत अप्रैल से किसानों को पैसे का भुगतान शुरू हो गया है इस योजना के तहत पंचकूला के कई किसानों को अप्रैल के लिए दो हजार रूपये सीधे उनके खाते में मिले है पंचकुला के वरवाला गांव के बलविंदर सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार से मिले दो हजार रूपये उन्होंने कृषि कार्यो में ही खर्च किये है वहीं इसी गांव के किसान दरवारा सिंह ने बताया कि इस मृश्किल घड़ी में दो हजार रूपये मिलना उसके लिए राहत वाली बात है वहीं किसान हरजिंदर सिंह ने कहा कि वे इस पैसे को अगली फसल के लिए उपयोग में लायेंगे गांव की एक महिला किसान अमरजीत कौर ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली दो हजार रूपये की राशि के लिए आभार जताया है वहीं किसान दर्शन सिंह ने दो हजार रूपये मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है

पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि राजस्थान सीकर से जमात में शामिल होकर आये नया नगर निवासी शहाब्ददीन की रिपोर्ट पोजिटिव आई है